इंडियन वाटर वर्क स एसोसिएशन मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि हर घर तक पीने का शुद्ध पानी पहुँचाने के लिए पेयजल इंजीनियरों को मंथन करने की जरूरत है साथ ही यह भी ध्यान देना होगा कि कैसे पानी की बचत हो और उसका बेहतर इस्तेमाल किया जा सके मुख्यमंत्री ने आज इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन और देहरादून सेंटर द्वारा आयोजित सम्मेलन का शुभारम्भ करते हुए यह बात कही

उन्होंने कहा कि जल का कैसे बेहतर तरीके से संरक्षण और पूर्ति हो इसके लिए लोगों में भी जागरूकता लाने की जरूरत है जल संचय का सबसे अच्छा तरीका वर्षा जल का एकत्रीकरण है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि उत्तराखण्ड के अधिकांश हिस्सों में पूर्ण ग्रेविटी का जल मिल सके इसके लिए सौंग स्र्यघार और मलदृंग बांघ पर कार्य किया जा रहा है इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न तकनीकि पहलुओं पर आधारित प्रस्तिका का विमोचन भी किया आपदा न्यूनीकरण प्राकृतिक आपदाओं को तो रोका तो नहीं जा सकता है लेकिन इसके जोखिम को कम जरूर किया जा सकता है

अल्मोड़ा के कोसी बैराज में इस अवसर पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ द्वारा त्वरित बाढ़ के दौरान किये जाने वाले खोज और बचाव तकनीक का प्रदर्शन किया गया

इस दौरान आपदा प्रबंधन अधिकारी ने लोगों को आपदा से बचाव और राहत की जानकारी दी उधर चमोली जिला मुख्यालय गोपे वर में स्कूली छात्रों ने रैली निकाल कर आपदा से होने वाली क्षति को कम करने के प्रति लोगों को जागरूक किया बच्चों ने लोगों को भूंकपरोधी भवन निर्माण भूस्खलन को रोकने के लिए अधिक से अधिक पौधरोपण करने नदी नालों से उचित दूरी पर रहते हुए आपदाओं से सचेत रहने के लिए लोगों को जागरूक किया इस दौरान एनएसएस और एनसीसी के छात्रों ने मानव श्रंखला के माध्यम से भारत का मानवित्र बनाकर लोगों को आपदाओं के प्रति संवेदनशील रहने का संदेश भी दिया

इसके अलावा यहां बरसात में बादल फटने भूस्खलन हिमस्खलन और वनाग्नि की घटनाओं से हर साल सैकड़ों लोग प्रभावित होते हैं लिटरेचर फेस्टिवल राजधानी देहरादून में आयोजित तीन दिवसीय लिटरेचर फेस्टिवल का आज अंतिम दिन है पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया और साहित्य और सिनेमा जगत की मशहर हस्तियों ने लिटरेचर फेस्टिवल में शिरकत की कल दूसरे दिन यूथ एंड एक्सपेक्टेशन सत्र में पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने स्कूली बच्चों से अपने अनुभव साझा किये उन्होंने कहा कि साहित्य और उपन्यास कुछ न कृष्ठ सीखने के लिए प्रेरित करते हैं जिससे बच्चों को अपना लक्ष्य निधारित करने में मदद भिल सकती है उन्होंने कहा कि जीवन में मेहनत और ज्ञान का कोई विकल्प नहीं है श्री राठौर ने बच्चों को शूटिंग में आगे बढ़ाने के लिए शूटिंग रेंज का भी उद्घाटन किया लिटरेचर फेस्टिवल में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया भी बच्चो से रूबरू हुए उन्होंने कहा कि बच्चों में पढ़ने की रुचि और अपनी सोच होनी चाहिए इस लिटरेचर फेस्टिवल में बड़ी संख्या में पुस्तक प्रेमी और युवाओं ने शिरकत की उजाला योजना सबको सस्ते एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने की केन्द्र सरकार की योजना उन्नत ज्योति का लाम अब हरिद्वार जिले में भी देखने को मिल रहा है

विश्व बैंक विश्व बैंक के अनुसार हाल की वैश्विक मंदी से प्रभावित होने के बावजूद भारत तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और उसमें व्यापक संभावनायें हैं बैंक की दक्षिण एशिया के मुख्य अर्थशास्त्री हैंस टिमर ने कल वाशिंगटन में एक समाचार एजेंसी से कहा कि भारत की विकास दर विश्व के अनेक देशों से बेहतर है

इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी कृम्म मेला दिव्य और भव्यता के साथ आयोजित कराने के लिए मिलकर प्रयास करने की जरूरत है

उन्होंने कहा कि कम्म मेले की व्यवस्थायें ऐसी होनी चाहिए ताकि यह आयोजन भविष्य के लिये मिसाल बने

इस अवसर पर नगर विकास मंत्री मदन कौशिक मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह मेलाधिकारी दीपक रावत सहित सभी अखाडो के प्रतिनिधि तथा सम्बन्धित अधिकारी मौजूद थे

इस महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ खेलकद वाद विवाद निबन्ध प्रश्नमंच सहित कई शैक्षिक प्रतियोगिताओ का आयोजन किया गया सांस्कृतिक कार्यक्रमो में प्रदेश के साथ साथ देश के विभिन्न स्थानों से आये कलाकारों द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किये गए इसके अलावा चम्पावत जिले में विभिन्न स्थानों पर शरद पूर्णिमा का पर्व भी ध्मधाम से मनाया गया इस अवसर पर विभिन्न मन्दिरों में श्रद्वालुओ द्वारा पूजा अर्चना की गई भारत भारती उत्सव मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज देहरादन में प्रदेश के निजी उच्च शैक्षणिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ अनेकता में एकता के संदेश के उद्देश्य से मारत भारती उत्सव मनाने पर विचार विमर्श किया मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न राज्यों से बच्चे उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उन्होंने सुझाव दिया कि एक स्थान पर सम्पूर्ण भारत की संस्कृति और परिवेश से बच्चे परिचित हो और उनका एक दसरे से समन्वय हो इसके लिए भारत मारती उत्सव के नाम से राज्य में प्रतिवर्ष एक कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से लोग देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति और रहन सहन से ॅपरिचित होंगे साथ ही यहां पढने वाले बच्चों को दोस्ताना माहौल मिलेगा चमोली दूर्घटना चमोली जिले में देवाल घेस मोटरमार्ग पर बलाणा के पास एक वाहन गहरी खाई में गिर गया

दो व्यक्तियों को प्रथम उपचार के बाद हायर सेंटर श्रीनगर के लिए रेफर कर दिया गया दुर्घटना की सूचना भिलने पर प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम राहत और बचाव के लिए मौके पर पहुंची

इस योजना के अंतर्गत बीपीएल कार्ड धारकों को निशुल्क विद्युत कनेक्शन दिये जा रहे है केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना से ग्रामीणों को कई फायदे हुए हैं ग्रामीणों का कहना है कि इससे गांवों में छोटे उद्योग धन्धे खुलने बच्चों की पढ़ाई लिखायी के लिए रो ानी और टेलीविजन के कार्यक्रम देखने की भी सुविधा हो गयी है वाल्मीकि जयंती मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेश वासियों को महर्षि वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं दीं वाल्मीकि जयंती की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रोमायण जैसी कालजयी रचना के माध्यम से विश्व को सत्य कर्त्तव्यनिष्ठा और सन्मार्ग पर चलने का मार्ग दिखाया है भगवान श्री राम का आदर्श जीवन समाज के लिए प्रेरणादायी है मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें उनकी शिक्षाओं को अपनाकर सामाजिक समरसता को बढावा देने में मददगार बनना होगा मक्केबाजी विश्व महिला मुक्केबाजी चौंपियनशिप में मंजू रानी को रजत पदक मिला है

पहली बार इस प्रतियोगिता में खेल रही मंजू रानी फाइनल में पहुंचने वाली एक मात्र भारतीय महिला थी इससे पहले छह बार की चौंपियन एम सी भैरीकॉम लवलीना बोरगोहाई और जमुना बोरो को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा